आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश होगा बजट कल

कई आपत्तिजनक कागजात बरामद

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी आज ही विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी रखी जायेगी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए बजट पेश किया जायेगा सत्र चार अप्रैल तक चलेगा इस दौरान कुल चौबीस बैठकें होगी बजट सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सृजन घोटाला शौचालय घोटाला के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से सभी मसलों पर बिंदुवार जवाब देने की तैयारी की गयी है इधर विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की है नबीनगर बिजली परियोजना में दो करोड़ रूपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की टीम ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी कंवल तनुज के पटना स्थित फ्लैट में छापेमारी की छापेमारी के दौरान सीबीआई ने उनके आवास से कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किये हैं सीबीआई के सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है इस मामले में औरंगाबाद जिले के अन्य अधिकारियों और कर्मियों से भी प्रछताछ की जा सकती है इस बीच खबर है कि औरंगाबाद के जिलाधिकारी पर सीबीआई का शिकंजा कसने के बाद कई अधिकारी मुख्यालय छोड़कर फरार हैं कुछ का मोबाईल फोन भी बंद पाया गया केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश के जिन जिलों में मुकदमों का बोझ अधिक है वहां न्यायमित्रों की व्यवस्था की जायेगी इस व्यवस्था को बहाल करने में सेवानिवृत्त जजों की भी मदद ली जायेगी श्री प्रसाद ने पटना में राज्य न्यायाधिकरणों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायालय और ट्रिब्यूनल को लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी उन्होंने कहा कि देश में एक सौ इक्कीस करोड़ मोबाइल फोन और पचास करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं जो डिजिटीकरण की दिशा में एक अच्छा संकेत है इस अवसर पर प्रदेश के राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा कि ट्रिब्यूनलों को लेकर जिन समस्याओं की चर्चा की गयी है सरकार उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सड़कों में आबादी और घनत्व के आधार पर अंडर पास और फुट ओवर ब्रिज बनाने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है उन्होंने पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि फुट ओवर ब्रिज की संरचना और ढ़ालान ऐसी होनी चाहिए कि दिव्यांग और जानवर भी आसानी से उस पार जा सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित पट्टी का विकास राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों के साथ ही प्रदेश में फोर लेन सड़कों के निर्माण का कार्य जारी रहेगा लेकिन बिहार की आबादी के घनत्व को ध्यान में रखते हये सड़क स्रक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लोगों को हादसे से बचाया जा सके कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को इकहत्तर प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर एक सौ अस्सी करोड़ रूपये अनुदान देने का प्रावधान किया है श्री कुमार पटना के गांधी मैदान में चार दिवसीय एग्रो बिहार प्रदर्शनी सह मेला के समापन के अवसर पर बोल रहे थे वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि इस मेले में राज्य के किसानों को ग्यारह करोड़ से अधिक की राशि कृषि यंत्रों पर अनुदान के रूप में दी गयी है उन्होंने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुदान की राशि दस पन्द्रह दिनों में किसानों के खाते में चला जाना चाहिए देशभर में किसानों को आधार कार्ड पर खाद मिलेगी यह योजना पहली मार्च से पूरे देश में लागू हो जायेगी इससे खाद की चोरी रूकेगी और किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद की आपूर्ति हो सकेगी इसके साथ ही सब्सिडी के भुगतान का तरीका भी बदल दिया गया है इस योजना से सरकारी खजाने में लगभग दस हजार करोड़ रूपये की सीधी बचत होने का अनुमान है नवादा जिले में रजौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया जलाशय के पास से पुलिस ने पचास हजार लीटर जावा महुआ और दस हजार लीटर देसी शराब के साथ दस कारोबारियों को हिरासत में लिया है अपर पुलिस अधीक्षक कुमार आलोक ने बताया कि छापेमारी में शराब की साठ भटिठयों को ध्वस्त किया गया है साथ ही बड़े पैमाने पर शराब बनाने का उपकरण भी जब्त किये गये हैं वहीं जमुई जिले में जमुई थाना चौक के पास से पुलिस ने बाईस सौ पाउच देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पटना के पाटलिपूत्रा स्पोर्ट्स कम्पलेक्स में आयोजित अठारहवीं राज्यस्तरीय पैरा एथेलेटिक्स चैंपियनशिप में पटना की टीम ओवर ऑल चैंपियन बनी है मुजफ्फरपुर को द्रसरा स्थान मिला है जबकि नालंदा की टीम तीसरे स्थान पर रही है इस चैंपियनशिप का आयोजन केन्द्र की खेलो इंडिया अभियान के तहत पैरालंपिक कमिटी ऑफ बिहार ने किया था दानापुर में राज्य कैडेट सीनियर और जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर जालंधर और जम्मू कश्मीर में होने वाली राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम का चयन किया गया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में छात्र संघ चूनाव के लिए आज मतगणना होगी शाम तक परिणामों की घोषणा कर दी जायेगी छात्र संघ के विभिन्न पदों लिए कल मतदान कराया गया था इधर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में छात्र संघ चूनाव में अलग अलग पदों के लिए दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र सही पाये गये हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डाक्टर पारस राय ने बताया कि कल मतदान होगा राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में पैंतालीस ग्रामीण सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण कराया जायेगा पटना के अनिसाबाद क्षेत्र के धीराचक मोहल्ले में न्यायिक दंडाधिकारी विभूति शरण के घर से चोरों ने पन्द्रह लाख रूपये से अधिक के सोने के जेवर चुरा लिये घटना के समय पूरा परिवार सुपौल गया हुआ था प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नामांकन नहीं हो पायेगा यूजीसी ने कहा है कि राज्य के एक भी विश्वविद्यालय को नैक नामांकन में तीन दशमलव दो छह सीजीपीए यानी ग्रेड ए प्राप्त नहीं है जिसके कारण विश्वविद्यालय आगामी सत्र से नामांकन नहीं ले पायेंगे आयोग ने इन विश्वविद्यालयों को तीन महीने के अन्दर नैक मूल्यांकन के लिए आवेदन कर ग्रेड लेने का समय दिया है केन्द्र सरकार ने बच्चों में आई क्यू बढ़ाने के लिए एक मॉड्यूल तैयार करने का फैसला किया है इसके तहत आने वाले समय में बच्चों के जन्म के समय ही माता पिता को एक बुकलेट दी जायेगी जिसमें आई क्यू विकास के साथ खान पान और व्यवहार संबंधी निर्देश होंगे पूर्वी बिहार से असम तक बने ऊपरी हवा के चक्रवात के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आकाश में बादलों का जमावड़ा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी इधर पिछले दो दिनों से चल रही पूर्वी हवा के कारण तेजी से बढ़ रहे तापमान पर भी असर पड़ा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नई सड़कों में अंडर पास और फुटओवर ब्रिज बनाने के निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी जगह दी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है नई सड़कों में अंडर पास व फुटओवर ब्रिज बने दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के भाषण को प्रमुखता देते हुये सुर्खी दी है एक परिवार के अड़तालीस वर्ष से बेहतर राजग के अड़तालीस महीने दैनिक भास्कर लिखता है सेना भर्ती का पेपर लीक करने के लिए पैसों का ऑफर देने वाले जवान के खिलाफ एफआईआर प्रभात खबर ने लिखा है खादी के धागे से जीवन संवार रही महिलाएं

आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश होगा बजट कल

कई आपत्तिजनक कागजात बरामद